केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लखीमपुर खीरी में कहा भारतीय जवान सीमा सुरक्षा के साथ ही पड़ोसी देशों से रिश्तों में निभाते है अहम भूमिका बहराइच में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की रखी आधारशिला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक मानव समागम कुम्भ मेला दो हजार उन्नीस प्रयागराज में आज से हुआ शुरू तीन दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में इक्कीस जनवरी से

सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में दस प्रतिशत आरक्षण देने का अधिनियम कल से लागू हो गया सरकार ने संविधान संशोधन दो हजार उन्नीस के प्रावधान लागू करने के लिए चौदह जनवरी तिथि अधिसुचित की थी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले शनिवार को अधिनियम को मंजूरी दी थी यह अधिनियम संविधान की धारा पन्द्रह और सोलह में संशोधन कर राज्य को सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है गुजरात सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थान में दस प्रतिशत आरक्षण सम्बंधी केन्द्र के ऐतिहासिक फैसले को लागू करना वाला पहला राज्य बन गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पहले फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यह पुरस्कार तीन मूलभूत बिन्दुओं पीपुल प्रॉफिट और प्लानेट पर केन्द्रित है पुरस्कार के प्रशर्ति पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का चयन देश को उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान करने के लिए किया गया है इसमें कहा गया है कि अथक ऊर्जा के साथ भारत के लिए की गई उनकी निःस्वार्थ सेवा के कारण देश ने आर्थिक सामाजिक और तकनीकी क्षेत्र में असाधारण विकास किया है मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसे कार्यक्रमों का प्रशस्ति पत्र में विशेष उल्लेख किया गया है ईधन और क्छ खाद्य सामग्री की कीमतों में कमी आने के कारण थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर आठ महीनों की तुलना में सबसे कम दिसंबर दो हजार अट्ठारह के दौरान तीन दशमलव आठ शून्य प्रतिशत पर आ गई सब्जियों दालों और ईंधन के दामों में कमी होने से खुदरा मुद्रास्कीति की दर दिसंबर दो हजार अट्टारह में घटकर अट्टारह महीने के सबसे निचले स्तर दो दशमलव एक नौ प्रतिशत पर आ गई उपमोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति की दर नवम्बर में दो दशमलव तीन तीन प्रतिशत पर आ गई जबकि दिसंबर दो हजार सत्रह में यह पांच दशमलव दो एक प्रतिशत पर थी केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सैनिकों ने नक्सलवाद को लगभग पचास प्रतिशत तक खत्म कर दिया है और आतंकवाद से भी डट कर मुकाबला कर रहे हैं उन्होंने कहा कि देश में पिछले साढ़े चार सालों में कोई भी बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हई है और प्रतिदिन आतंकवादी मारे जा रहे है कल लखीमप्र खीरी में सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय के आवासीय परिसर और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करने के बाद जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि हमारे जवान जहां नेपाल भूटान की खुली सीमाओं की रक्षा करते हैं वहीं इन देशों के साथ भारत के संबंध घनिष्ठ बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उघर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल ही बहराइच जिले के थाना रूपईडीहा के भारत नेपाल सीमा पर एक सौ पैंतालीस एकड़ भूमि में इंटीप्रेटेट चेक पोस्ट के निर्माण की आधार शिला रखी

इसके माध्यम से एक ही स्थान और एक ही चेक पोस्ट पर देश विदेश के लोगों को व्यापार एवं आवागमन से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी इंटीग्रेटेट चेक पोस्ट में कार्गो और यात्री टर्मिनल भी बनाये जायेंगे यह टर्मिनल अत्याधुनिक मूलभूत सुविघाओं से युक्त होंगे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक मानव समागम कुम्भ दो हजार उन्नीस आज प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान के बाद शुरू हो गया विभिन्न अखाड़ो के साथु संतो ने पहले डुबकी लगाई जिला प्रशासन के अनुसार एक करोड़ पच्चीस लाख श्रद्वालुओं के मकर संक्राति पर डुबकी लगाने की सम्भावना है स्नान के लिए इक्कीस घाट बनाए गये हैं महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है पहली बार तीन महिला पुलिस थाने बनाए गये हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि क्म को स्वच्छ रखने के लिए एक लाख बीस हजार शौचालय बनाए गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कुम्म मेले के श्मअवसर पर लोगो को शुभकामनाए दी हैं अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि भारत और विदेश के श्रद्वालु देश के आध्यात्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे उन्होंने कहा है कि अधिक से अधिक श्रद्वालु इस आध्यात्मिक और बड़े में समारोह में भाग लेंगे श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि इस कुम्म में अधिक से अधिक लोग हिस्सा लेंगे प्रवासी भारतीय के प्रतिनिधियों के कुम्म में भाग लेने के लिए विशेष तैयारियों की गयी हैं

मकर संक्राति पर लोग खिचड़ी भोग और कपड़ो का दान कर रहे हैं

तीन जल पुलिस थानों के अलावा नौ एन डी आर एफ जल आपात कालीन तीनों को सेवा की लगाया गया है पूरे क्षेत्र को बीस सेक्टरो और नौ जोन में बांटकर सेक्टर और नोडल मजिस्ट्रटो की तैनाती की गयी हैं यहां चालिस पुलिस स्टेशन तीन महिला पुलिस थानों सहित अन्छावन पुलिस चौकियां स्थापित की गयी हैं यहां बीस हजार से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात हैं शशांक कुमार के साथ मुल्तान सिंह आकाशवाणी समाचार कुम्भ मेला प्रयागराज कुम्भ मेले का आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी ने अलग से एक किलोवाट का एफ एम ट्रांसमीटर कुम्भवाणी स्थापित किया है इससे प्रसारण पैंतिस किलोमीटर के दायरे में प्रतिदिन सुबह पांच बजकर पचपन मिनट से रात दस बजकर पांच मिनट तक सुना जा सकता है आकाशवाणी ने पहली बार कुम्मवाणी से सभी कार्यक्रमों के प्रसारण की यू ट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन वाराणसी में इस महीने की इक्कीस तारीख से ग़रू होना है भारतीय संस्कृति और धरोहर पर वार्षिक आयोजन गंगा महोत्सव विभिन्न घाटो पर इस महीने की इक्कीस तारीख से तेईस तारीख तक आयोजित किया जा रहा है देश और प्रदेश के विभिन्न भागों में फसलों से जुड़े पर्व मनाए जा रहे हैं मकर संक्रान्ति का पर्व आज प्रदेश में धार्मिक आस्था और उल्लास के वातावरण में मनाया जा रहा है कृष्ठ स्थानों पर कल भी मकर संक्रान्ति का पर्व परम्परागत श्रद्दा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया वाराणसी में श्रद्वालु पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना कर गरीबों को दान पुण्य कर रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मकर संक्रांति उत्तरायण और भोगाली बिहू के अक्सर पर देशवासियों को बघाई दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मकर संक्रान्ति के अवसर पर लोगों को बघाई दी है ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि प्रकृति और परम्परा का यह त्यौहार लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्य और जीवन में खुशहाली लाये उन्होंने पोंगल माघ बिहु और उत्तरायण के अक्सर पर भी लोगों को बधाई दी है राज्यपाल राम नाईक ने देश और प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति एवं कृंम दो हजार उन्नीस की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व हम सभी के जीवन में खुशियों का संचार करे और देश एवं प्रदेश विकास की राह में आगे बढ़ता रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मकर संक्रांति और खिचड़ी पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाए दी है मुख्यमंत्री ने अपने बघाई संदेश में कहा कि यह पर्व हमारे देश की समृद्व विरासत एवं सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है उन्होंने कहा कि इस वर्ष मकर संक्रांति इसलिये भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर्व से ही विश्व का विशालतम अध्यात्मिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक समागम प्रयागराज कुंग दो हजार उन्नीस शुरू हो रहा है आज ही गोरखपुर के गुरू गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में प्रति वर्ष लगने वाला खिचड़ी मेला भी शुरू हो गया है ब्रम्हमुहूर्त से ही श्रद्वालु गुरू गोरक्षनाथ मंदिर पहुंच कर खिचड़ी चढ़ा रहे हैं मंदिर परिसर में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ है गोरक्षपीठ के महन्त और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ब्रम्हमुहर्त में पूजा अर्चना के बाद गुरू गोरक्षनथ को खिचड़ी चढ़ाई इसके साथ एक महीने तक चलने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध खिचड़ी मेला शुरू हो गया आकाशवाणी गोरखपुर और दूरदर्शन द्वारा आज मेले का सजीव प्रसारण किया जा रहा है